इन सातों विधानसभा सीटों पर तिरपन दशमलव छः दो प्रतिशत मतदान हुआ छिटपुट वारदातों को छोड़कर कहीं से किसी अप्रिय घटना के समाचार नहीं मिले वोटों की गिनती दस नवम्बर को होगी इन सात सीटों में से छः भारतीय जनता पार्टी के और एक समाजवादी पार्टी के पास थी जिन क्विानसभा सीटों के लिये कल वोट डाले गये वे है अमरोहा की नौगांवा सादात बुलन्दशहर फिरोजाबाद की टूंडला उन्नाव की बांगरमऊ कानपुर नगर की घाटमपुर देवरिया और जौनपुर की मल्हनी प्रदेश सरकार ने प्याज की कीमत में और वृद्धि को रोकने तथा आम जनता को प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में प्याज की स्टॉक सीमा निर्घारित की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टॉक होल्डिंग पर अंकृश लगाने और बकाएदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है

केवल आयातकों को इस सीमा से फ्रूट रहेगी प्रदेश सरकार जल्द ही इस संबंध में अक्षिपूचना जारी करेगी प्रदेश के कुछ जनपदों में प्याज प्याज की कीमतों में अचानक आई उछात को नियंत्रित करने के लिए ये प्रबंध किए गए हैं सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ देश में छिहत्तर लाख से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं स्वस्थ होने वालों की दर बानवे प्रतिशत से अधिक हो गई है पिछले चौबीस घंटे के दौरान तिरपन हजार लोग कोरोना से ठीक हए जबकि छियालिस हजार नए मरीज सामने आए रोगियों की संख्या देश में कुल संक्रमित लोगों के छः दशमलव पांच प्रतिशत से भी कम हो गई है देश में इस समय करीब पांच लाख तैंतीस हजार कोरोना के मरीज हैं सरकार और विभिन्न संगठनों के संयुक्त प्रयास से कोरोना पर काफी नियंत्रण पाया गया है और इससे मरने वालों की दर एक दशमलव चार नौ प्रतिशत रह गई है

आकाशवाणी समाचार से बातचीत में डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कोविड से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का कडाई से पालन करना चाहिए

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड नाइन्टीन पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर बलविन्दर सिंह चर्चा में भाग लेंगे श्रोता हमारे टोल फ्री नम्बर एक आठ शुन्य शुन्य एक एक पांच सात छः सात पर फोन करके विशेषज्ञ से सीघे सवाल पूछ सकते हैं लैंडलाइन नम्बर शून्य एक एक दो तीन तीन चार चार चार चार पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं अखण्ड सौभाग्य का व्रत करवा चौथ आज प्रदेशभर में परम्परागत रूप से आस्था और श्रद्वा के साथ मनाया जा रहा है महिलायें यह व्रत कार्तिक मास के कृष्णपक्ष की चत्थी तिथि को सुहाग की लम्बी उम्र और सुख समृद्वि के लिये करती हैं व्रती महिलाएं अब से थोड़ी देर बाद मॉ पार्वती भगवान शिव और श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करने के बाद चन्द्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करेगी क्शीनगर जिले के कप्तानगंज कस्बे में आज सुबह एक रिहायशी इलाके में अवैध पटाखा गोदाम में आग लगने से तीन व्यक्तियों की मौत हो गयी जबकि दस अन्य घायल हो गये समी मृतक एक ही परिवार के हैं जबकि घायलों में आसपास के रहने वाले लोग भी हैं पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है विस्फोट की सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मौके पर पहंच कर बचाव और राहत कार्य श्रू कर दिया उन्होंने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है